उन्होंने कहा कि प्रदेश भें इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार व स्वास्थ्य विमाग किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है कांगड़ा जिले के भवारना में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए देश के समी हवाई अड्डो में थर्मो सेंसर लगाए गए हैं परमार ने कहा कि प्रदेश के गम्गल भूंतर और शिमला हवाई अड्डों में भी नजर रखी जा रही है इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को कोरोना वायरस के प्रति लगातार जागरूक कर रहा है

ये जानकारी जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले भें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के पपलोग में आज एक जनसभा में दी

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला की सड़कें आगामी मार्च तक बेसहारा पशुओं से मुक्त हो जाएंगी ऊना में आज अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में कई गौशालाएं अभी तक कार्य नहीं कर रही हैं जिन्हें शरू करने के प्रयास किए जाएगें इस संबंध में उपायक्त को निर्देश दिए गए हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बेसहारा गौवंश को स्थान मिलने से जहां किसानों को राहत मिलेगी वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में आज अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान विधानसभा सचिवालय में बेहतरीन व्यवस्था और सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई उन्होंने विभिन्न समितियों के अधिकारियों को समितियों का संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों में गुणवत्ता लाई जा सके

प्रधानमंत्री ने एक टवीट में लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं

हालडा उत्सव लाहौल घाटी में इन दिनों हालडा उत्सव की धूम है बीती रात पट्टन घाटी के अधिकतर भागों में ये उत्सव ध्रमधाम से मनाया गया केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार हालडा सर्दियों में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है और इस उत्सव में लोग निर्धारित स्थल पर इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं मले ही समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके बदले हैं लेकिन लाहौल घाटी के लोग आज भी सदियों पुरानी परम्परा कायम रखे हुए हैं कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी हालडा उत्सव की बधाई देते हुए लोगों की खूशहाली की कामना की है

विमाग के उप सचिव वेद प्रकाश भी आज हैलीकॉप्टर के जरिए पांगी पहुंचे और किलाड़ हैलीपैड में हवाई उड़ानों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि सरकार से धरवास और साव हैलीपैडो के लिए भी उड़ानें करवाने को लेकर बात की जाएगी